लोकसभा चुनाव नामांकन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं वहीं प्रत्याशियों का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे बस्तर क्षेत्र से कुल सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि दूसरे चरण की कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट से कुल छत्तीस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा दूसरी ओर राज्य में तीसरे चरण के तहत सात लोकसभा सीटों रायपुर दुर्ग बिलासपुर रायगढ़ जांजगीर चांपा कोरबा और सरगुजा के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है अब तक पंद्रह उम्मीदवारों ने इक्कीस नामांकन पत्र दाखिल किए हैं तीसरे चरण के लिए नामांकन के तीसरे दिन दस उम्मीदवारों ने कुल तेरह नामांकन पत्र दाखिल किए सबसे अधिक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में छह अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि आज रायगढ़ जांजगीर चांपा बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में नामांकन का खाता खुला आज सरगुजा में एक रायगढ़ में दो जांजगीर में एक बिलासपुर में एक कोरबा में एक दुर्ग में तीन और रायपुर में एक अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल किया इन सीटों के लिए चार अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को होगी जबकि आठ अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं तीन चरणों में होने वाले इस चुनाव में प्रदेश के एक करोड़ नवासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सुब्रत साहू फोन इन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू दो अप्रैल को रेडियो पर लाइव फोन इन कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू होंगे वे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र पर सुबह ग्यारह बजे से दोपहर बारह बजे तक मौजूद रहकर श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस दौरान मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक भी करेंगे श्री साहू सोशल मीडिया फेसबुक ट्वीटर और यू ट्यूब लाइव के माध्यम से भी मतदाताओं से जुड़कर उनके सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे हैं अब रेडियो के श्रोता भी फोन के जरिए उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी श्रोता उनसे फोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक तथा दो चार तीन शूनय पांच शून्य दो पर फोन कर प्रश्न पूछ सकता है मतदाता जागरूकता अभियान लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से मोर रायपुर वोट रायपुर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी के नेताजी सुभाष स्टेडियम में किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में सोलह टीमों ने हिस्सा लिया पहले चरण के मैच के बाद दूसरे चरण में आठ टीमों ने प्रवेश किया है दूसरे चरण के तहत सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज से मैच शुरू हो गए हैं इसी तरह बालोद जिले के विभिन्न गांवों में भी मशाल रैली निकालकर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया गया इन रैलियों में ग्रामीणों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शासकीय कर्मचारी शामिल हुए वहीं बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्कूली छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर और रैली निकालकर लोगों से निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पहल पर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को अध्ययन भ्रमण कराया जा रहा है रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को रोचक और मनोरंजक खेल के जरिये निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई दिव्यांग बूथ लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजनों को मतदान के लिए प्रेरित करने और उनके सुगम मतदान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग बूथ बनाया जाएगा इस बूथ में दिव्यांगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर भारतीदासन एस ने रायपुर कलेक्टोरेट में आयोजित कार्यशाला में दी डॉक्टर भारतीदासन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को सुगमतापूर्वक मतदान के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं इनमें रैम्प व्हीलचेयर विशेष टॉयलेट शामिल हैं पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर इस बार और भी बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है इस बार मतदान केंद्रों में मिट्टी और मुरूम के रैम्प के बजाय मजबूत रैम्प बनाए जाएंगे प्रत्येक मतदान केंद्र में दस दस व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी मतदान केंद्रों में वॉलंटियर्स भी तैनात किये जाएंगे पदस्थापना राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोरिया के अपर कलेक्टर दीपक अग्रवाल को रायपुर कलेक्टोरेट में पदस्थ करते हुए उन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है वही रायपुर के अपर कलेक्टर एनआर साहू को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संलग्न किया गया है स्कूल परीक्षा बोर्ड प्रदेश में वर्तमान शिक्षा सत्र में होने वाली कक्षा पहली से आठवीं तक की परीक्षाएं अब बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होंगी इसके तहत पूरे प्रदेश में एक ही तारीख में एक साथ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इसके लिए राज्य स्तर पर समय सारिणी बनाई जाएगी इस वर्ष ये परीक्षाएं तीस मार्च से पच्चीस अप्रैल के बीच होगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में कक्षागत प्रक्रियों में सुधार करते हुए शिक्षकों के सतत् क्षमता विकास करने और शिक्षा को आनन्ददायी बनाने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने के लिए स्कूलों में राज्य स्तरीय आंकलन किया जाएगा जो एनसीई आरटी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लर्निंग आऊटकम पर आधारित होगा इसके प्राप्त परिणामों का उपयोग बेहतर टीचिंग डिजाइन के लिए किया जायेगा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं राज्य स्तरीय आंकलन अलग अलग कक्षा के अनुसार अलग अलग विषयों पर आधारित होगा कक्षा पहली और दूसरी में पंद्रह सवाल पूछे जाएंगे जिन्हें दो घंटे में हल करना होगा कक्षा तीसरी और चौथी की परीक्षा में भी पंद्रह सवालों को दो घंटे में हल करना होगा वहीं कक्षा पांचवी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ढाई घंटे में हल करना होगा इसी प्रकार कक्षा छठवीं से आठवीं तक की परीक्षाओं में भी प्रश्नों की संख्या पंद्रह पंद्रह रहेगी और इनका उत्तर ढाई घंटे में देना होगा आईईडी बरामद दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने पांच पांच किलो के चार आईईडी बरामद किए हैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि बचेली थाना क्षेत्र के भांसी नेरली मार्ग पर माओवादियों ने पुलिस को निशाना बनाने को उद्देश्य से ये आईईडी लगा रखे थे इसकी सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और इन बमों को निष्क्रिय किया दुर्घटना कांकेर जांजगीर चांपा और रायपुर जिले में आज हुए अलग अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई कांकेर जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह के रहने वाले दो लोग मोटरसाइकिल से चारामा की ओर जा रहे थे इसी दौरान माहूद के पास तेज रफ्तार बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

आईपीएल सट्टा राजधानी रायपुर में पुलिस ने लगभग पचास लाख रूपये की सट्टा पट्टी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से एक लाख रूपये नगद सहित तीन नग मोबाइल फोन और दो कम्प्यूटर बरामद किए गए हैं जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बलरामपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी